मुख्यमंत्री ने आदिम जाति मंत्रालय का नाम बदलकर जनजातीय कल्याण मंत्रालय करने की घोषणा की

वे सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे

ये विचार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में शहीद बिरसामुण्डा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में व्यक्त किये उन्होंने कहा कि बिरसामुण्डा ने जनजातीय संस्कृति और मूल्यों के संरक्षण के लिये सदैव संघर्ष किया मुख्यमंत्री ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर जनजातीय कल्याण मंत्रालय करने की घोषणा की बिरसामुण्डा ने आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिये अंग्रेजों से य्रद्ध किया उनका कार्यक्षेत्र तत्कालीन छोटा नागपुर का पठार जो अब झारखंड में है और तत्कालीन मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में था आदिवासियों के अधिकारों के लिये बिरसामुण्डा ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया इस बार बिरसामुण्डा की जयंती प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ष्जनजाति गौरव दिवसण् के रूप में मनाई जा रही है गुना से हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थानीय मानस भवन में जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया वहीं नीमच में जिला पंचायत सभाकक्ष में शहीद बिरसामुंडा की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया

जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया पटना में एनडीए की घटक दलों की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया इससे पहले नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में उन्हें फिर से पार्टी का नेता चुना गया एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर वह राज्य में एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गये हैं नीतीश कुमार कल दोपहर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे राज्यपाल फगु चौहान नीतीश कुमार तथा अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे

इसे राजस्थान के पाली जिले में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है निधन लोकप्रिय अभिनेता और दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी का आज कोलकाता के एक नर्सिंग होम में देहांत हो गया

सौमित्र चटर्जी ने आकाशवाणी कोलकाता केंद्र में एक उद्घोषक के तौर पर अपने करियर की शुरूआत की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित जानेमाने अभिनेता सौमित्र चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि सौमित्र चटर्जी के निधन से भारतीय सीनेमा ने एक महान् व्यक्तित्व को खो दिया है उन्होंने कहा कि उन्हें अप के किरदार सहित सत्यजीत रे की कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए याद किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जाने माने अभिनेता सौमित्र चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है

मुख्यतः प्रकृति द्वारा मनुष्यों को दी गई जीवन दायनी सौगातों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने और उसके संरक्षण करने के लिये अपने संकल्प को प्रकट करने के ये दोनों पर्व भारतीय संस्कृति की अनुठी परम्परा हैं गोवर्धन पूजा के दिन गौवंशीय पशुओं को आकर्षक ढंग से सजाकर उनकी पूजा की जाती है वहीं अन्नकूट में नई सब्जियों के व्यंजन बनाये जाते हैं और मिष्ठान आदि बनाकर विधि विधान से गोवर्धन पूजा की जाती है छिन्दवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व पर आज चौथे दिन जिले भर में गोवर्धन पर्वत की पूजा विधि विधान से की जा रही है इसमें गोबर से पर्वत का आकार दिया जाता है और उस पर मोर पंख आदि से आकर्षक सजावट की जाती है फिर उसका विधि विधान से पूजन किया जाता है वही गोवंश की पूजा की जा रही है आगरमालवा धार खंडवा शिवपुरी नीमच देवास डिण्डोरी पन्ना अशोकनगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी गोबर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है